श्री गोयल एक वचूर्अल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय रेलवे के लिए उच्चतम निर्धारण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और भारतीय रेलवे को आत्मनिर्मर भारत की ओर ले जाने के लिए एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा

श्री गोयल ने कहा कि अब नयी परियोजनाओं की घोषणा करने के बजाय परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यमक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सुबह दस बजे सम्पन्न होगी पिछली तीन समीक्षाओं में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख व्याीज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया रेपोरेट चार प्रतिशत और रिवर्स रेपोरेट तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर ही बनी हुई है

श्री चौहान ने कहा कि रतलाम को प्रदेश के अग्रणी नगरों में स्थापित करना है

निजी क्षेत्र की भूमि पीपीपी मोड पर विकसित की जाएगी

इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रीलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस अभियान का भोपाल के मिंटो हॉल से शुभारंभ करेंगे

राज्य स्तरीय समारोह में इस अभियान की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी आगर जिले के नवीन एसएनसीयू पीआईसीयू की ऑनलाइन शुरूआत करेंगे

कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है

भारतीय टीम का नेतृत्वे विराट कोहली और इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व जो रूट करेंगे मैच आज सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा

इससे पहले दोनों टीमें एक एक श्रृंखला जीत चुकी हैं

भारतीय टीम में तीन स्पिन गेंदबाजों को शामिल किए जाने की सम्मावना है

यह कार्यक्रम सरकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को होगा

जिसमें ईडब्ल्यूएस भवनों के हितग्राहियों को बैंक लोन एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी

बैठक में कलेक्टर श्री मिश्र ने राजस्व से संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि शासकीय राजस्व बढाया जाए